मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए समाज के सभी वर्गो की सहभागिता जरूरी कहा स्वस्थ बच्चे ही सक्षम नागरिक बनकर देश के विकास में कर सकते हैं सक्रिय योगदान प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सत्ताईस अगस्त से तीन दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्ट का किया जा रहा है आयेजन पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा पर हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है ख्ताबंधन का पर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की सैंतालिसर्वी कड़ी होगी श्री मोदी ने ट्वीट कर के कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण होगा भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की अस्थियां कल प्रदेश की कई प्रमुख नदियों में मंत्रोच्चार और वैदिक रीति रिवाज के साथ विसर्जित की गई गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी के राजघाट पर अटल जी की अस्थियां विसर्जित की इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और जय प्रकाश निषाद सहित अनेक लोग मौजूद थे इलाहाबाद में संगम तट पर अस्थि कलश यात्रा में विभिन्न धर्मावलश्वियों गणमान्य नागरिकों तथा अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सैलाब अनेकता में एकता की मिसाल बना प्रयाग नगरी जब तक सुरज चांद रहेगा अटल जी तुम्हारा नाम रहेगा के गगन भेदी नारों से गूज उठा अस्थि विसर्जन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्थानीय सांसद श्यामाचरण गुप्त प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी तथा नन्दगोपाल गुप्ता नन्दी सहित बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग शामिल रहे

मऊ में स्वर्गीय वाजपेई की अस्थियां तमसा नदी में श्रद्वाभाव और विधि विघान के साथ विसर्जित की गई कल सुबह जिले की सीमा में अस्थि कलश यात्रा के प्रवेश करते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा यात्रा में राज्य मंत्री उपेन्द्र तिवारी सहित भाजपा और अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे उधर बरेली में स्वर्गीय वाजपेई की अस्थियां रामगंगा नदी में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार की मौजूदगी में विसर्जित की गई इससे पहले कल सुबह शहर में स्थित स्टेडियम में श्रद्दाजंलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें समाज के विमिन्न समुदायों के लोगों ने शिरकत की झांसी में अटल जी की अस्थियों का विसर्जन बेतवा नदी के ओरछा घाट पर किया गया इस दौरान केन्द्रीय मंत्री उमा भारती और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गृतेरश ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को एक अनुकरणीय राजनेता बताया है इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन के अपने दौरे में श्री गुतेरश ने उन्हें भावमीनी श्रद्दांजलि दी उन्होंने कहा कि पहले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान वे श्री वाजपेई से मिले थे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यह भी कहा कि स्वर्गीय वाजपेई को ऐसे प्रघानमंत्री के रूप में हमेशा याद किया जायेगा जिन्होंने भारत और विश्व में शांति तथा विकास के लिए निःस्वार्थ भाव से काम किया राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं को रोडवेज़ बसों में एक दिन की निशुल्क यात्रा करने का तोहफ़ा दिया है राज्य परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं को मुफ़्त यात्रा सुविधा का यह लाभ बीती रात बारह बजे से आज रात बारह बजे तक मिलेगा इसके अलावा परिवहन निगम यात्रियों की सुक्विया के लिए अतिरिक्त बसें भी संचालित कर रहा है अतिरिक्त बसें चलाने का यह क्रम उन्तीस अगस्त तक जारी रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वस्थ्य बच्चे ही सक्षम नागरिक बनकर देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान कर सकते हैं श्री योगी ने कहा कि बच्चों का सर्वगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में पोषण अभियान तथा सुपोषण स्वास्थ्य मेले का शुभारम्म करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के छह विभागों के समन्वय से पोषण अभियान तथा सुपोषण मेले की शुरूआत की जा रही है श्री योगी ने कहा कि क्पोषण से मुक्ति के लिए समाज के सभी लोगों को सहभागी बनना चाहिए उन्होंने कहा कि इंसेप्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वाचल के सात जिलों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया है तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्वित की गई है जिससे दिमागी बुखार से होने वाली मौतों में कमी आयी है

अतग अलग शौचालय बनाइये और हमें प्रसन्नता है कि विगत वर्ष गोरखपूर में गर्कमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें इंसेफ्लाइटिस में मरने वाले बच्चों की संख्या दो सौ से ज्यादा थी इस बार जब मैं गया तो यह संख्या दस से कम थी

उधर कुपोषण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में सुपोषण स्वास्थ्य मेले आयोजित किये गये मऊ बदायू और मेरठ में इन मेलों का आयोजन विकासखंड तथा ग्रामीण स्तर पर किया गया जिसमें संबंधित विभागों ने लोगों को स्वास्थ्य पोषण और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी दी

इसके तहत रामायण सर्किट बौद्द सर्किट ताज नगरी और वाराणसी में पर्यटन संबंधी अनेक कार्य किये गये हैं श्रीमती जोशी लखनऊ में मीडिया से बातवीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार कुंम से पहले प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सत्ताईस अगस्त से तीन दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्ट का आयोजन कर रही है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे

ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता क्योंकि इसके द्वारा ही उठारा की दूरिज्म पॉलिसी लोगों तक पहुंचाते है बल्कि किस तरह से राज्य के सहवोग से अपस में बैक टू बैक मीटिंग सक्सेसफुल हो हमारा टूरिज्म का टूरिस्ट कुछ बढ़े पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी ट्र ऑपरेटर्स को पर्यटन स्थलों का परिचयात्मक भ्रमण कराया जायेगा इन लोगों को बुन्देलखंड ब्रज क्षेत्र सारनाथ क्शीनगर तथा वाराणसी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा ताकि यह समी इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक धार्मिक और प्राकृतिक महत्व का अंदाज़ा लगा सकें इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पर्यटन अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस तीन दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्ट में आस्ट्रेलिया फ्रांस जर्मनी तुर्की डेनमार्क पोलेण्ड और ताइबान सहित तेईस देशों के पवास प्रतिनिधि शामिल होंगे पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा पर आज रक्षाबंधन का पर्व देश और प्रदेश में परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के बीच मनाया जा रहा है आज बहने अपने भाईयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांवेगी और भाई उनकी रक्षा का वचन देंगे रक्षाबंधन पर्व के कारण कल बाजारो में भीडमाड रही देर रात तक लोगों ने राखियों और भिगईयों की खरीददारी की श्रावण मास का अंतिम दिन होने के कारण आज श्रद्वालु प्रदेश के सभी शिवमंदिरों और शिवालयों में ब्रम्हमुहूर्त से ही भगवान शिव का जलामिषेक कर रहे हैं आज ही लगभग एक पखवारे से चल रहा अयोध्या का सावन झूला मेला भी सम्पन्न हो रहा है वहां पूर्णिमा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे हुए हैं भीड़ के दबाव के कारण अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है सावन झूला मेला के श्रावणी पूर्णिमा मुख्य स्नान पर्व पर आज अयोध्या में लाखों श्रद्धालु ब्रम्हमूहर्त से ही सरयू स्नान कर के कनक भवन हनुमानगढ़ी रामजन्म भूमि मदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और नागेस्वरनाथ क्षीरेस्वरनाथ सहित सभी शिव मदिरों में दुष्याभिषक और जलाभिषेक कर के धार्मिक अनुखान पूर्ण कर रहे हैं